राष्ट्र आज तिहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली इस अवसर पर देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के दस सप्ताह के भीतर ही सरकार ने लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने का काम किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रयास किए लेकिन इच्छित प्रयास नहीं किए गए प्रधानमंत्री ने आहवान किया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों को साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश की समृद्धि के लिये प्रेरक बन सकते हैं साउंड बाईट जम्मू कश्मीर और लद्दाक के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो ये हम सबका दायित्व है उनके सपनों को नए पंख मिले ये हम सबकी जिम्मेवारी है और उसके लिए एक सौ तीस करोड़ देशवासियों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो भी रुकावटें सामने आई है उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिये तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया उन्होंने कहा कि दुनिया के कई इस्लामिक देशों ने इस कुप्रथा को पहले ही खत्म कर दिया था हम किसी न किसी वजह से हिचकते रहे साउंड बाईट अगर देश में हम सतीप्रथा को खत्म कर सकते हैं हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं तो क्यों न हम तीन तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं शांति और सुरक्षा को विकास का अनिवार्य पहलू बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि असुरक्षा से घिरी आज की दुनिया में विश्व शांति के लिए भारत को अपनी भूमिका निभानी होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिकों ने अपना बलिदान देकर हमारा जीवन रोशन किया है उन्होंने महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का नया पद बनाया जायेगा साउंड बाईट आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस का सी डी एस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये सी डी एस एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने का काम है प्रधानमंत्री ने देश में गरीबों और वंचितों का जिक्र करते हुए कहा कि गरीबों के लिए घर नहीं था शौचालय नहीं बैंक खाता नहीं बिजली नहीं और कोई सुविधा नहीं जिसे उनकी सरकार ने देखा और पिछले पांच वर्षों में कार्य किया साउंड बाईट क्या कारण है कि मेरे गरीब के पास शौचालय नहीं घर में बिजली नहीं रहने के लिए घर न हो पानी की सुविधा न हो बैंक में खाता न हो कर्ज लेने के लिए साहूकारों के घर जा करके एक प्रकार से सब कुछ गिरवी रखना पड़ता हो आईए गरीबों के आत्मसम्मान आत्मविश्वास को उनके स्वामिमान को ही आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ्य देने के लिए हम कुछ प्रयास करें पीने के पानी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बहुत जल्द जल जीवन मिशन शुरू करेगी जिसमें साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि खर्च करने का संकल्प लिया गया है साउंड बाईट यह भी सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में करीब करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है

प्रधानमंत्री ने देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने का आहवान करते हुए लोगों से प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करने की अपील की सम्बोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लक्ष्य हिमालय जितने ऊंचे हैं हमारे सपने असंख्य तारों से भी अधिक हैं हमारा सामर्थ्य हिंद महासागर जितना अपार है हमारे हौसलों की उड़ान आकाश से भी बड़ी है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उपस्थित थे स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में मूख्य समारोह राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित हुआ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली इस अवसर पर मूख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सामाजिक न्याय के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है सात निश्चय योजना की चर्चा करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इससे अब तक पचास लाख से अधिक घर लाभान्वित हो चुके हैं मुख्यमंत्री ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पांच सितंबर से उन्नयन बिहार योजना शुरू करने की घोषणा की श्री कुमार ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेगी और कानून व्यवस्था बिना किसी पूर्वाग्रह के स्थापित की जाएगी उन्होंने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने इस वर्ष किसानों को मिलने वाली डीजल अनुदान की राशि को पचास रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर साठ रुपये प्रति लीटर करने का निर्णय किया है मुख्यमंत्री ने जलवायू परिवर्तन के आसन्न खतरों के प्रति सजग रहने की अपील करते हुये कहा कि इस वर्ष दो अक्टूबर तक जल जीवन हरियाली अभियान की कार्य योजना तैयार कर इसे लागू कर दिया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में पुनपुन प्रखंड के श्रीपालप्र गांव में विशेष झंडातोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस अवसर पर महादलित टोला के सूरज मांझी ने झंडोतोलन किया कार्यक्रम में सांसद रामक्रपाल यादव समेत कई लोग मौजूद थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद में कार्यकारी सभापति हारूण रशीद और पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एपीशाही ने झंडोतोलन किया बिहार पुलिस मुख्यालय के सरदार पटेल भवन में पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने झंडोत्तोलन किया वहीं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों में पार्टी अध्यक्षों ने झंडोत्तोलन किया इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों स्कूलों महाविद्यालयों और स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यालयों पर भी तिरंगा फहराया गया पटना स्थित इनर्जी इंटरनेशनल में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष विजय नारायण झा ने झंडोत्तोलन किया हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस ध्मधाम से मनाया गया दरभंगा जिले के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी मुजफ्फरपूर में श्याम रजक नवादा में श्रवण कुमार लखीसराय में नीरज कुमार बेगूसराय में विजय कुमार सिन्हा शिवहर में राणा रणधीर सिंह और सीतामढ़ी में सुरेश शर्मा ने झंडोतोलन किया वहीं रोहतास के प्रभारी मंत्री प्रेम कुमार वैशाली में नंद किशोर यादव गया में कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा समस्तीपुर में बीमा भारती खगड़िया में कपिलदेव कामत और भोजपुर में विनोद कुमार ने ध्वजारोहण किया प्रदेश के अन्य जिलों में भी तिहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया भाई बहनों के अनमोल प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है बहनें भाइयों की कलाई पर राखियां बांधकर उनकी संपन्नता अच्छे स्वास्थ्य और भलाई की कामना कर रही हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागु चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के अवसर पर पटना के राजधानी वाटिका में व्रक्ष में रक्षा सूत्र बांधा इस अवसर पर श्री कुमार ने कहा कि लोगों के सहयोग से ही धरती पर नष्ट होते वनों के आवरण को बचाया जा सकता है उन्होंने वाटिका में वृक्षारोपण भी किया इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित थे और अब अंत में मुख्य समाचार राष्ट्र आज तिहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है